कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर पाकिस्तान का भय दिखाकर जनता से वोट मांगने का आरोप लगाया है श्री गहलोत आज भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में चुनाव सभा में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पांच साल में कोई काम नहीं किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तीन महीनों में कांग्रेस सरकार ने कई बड़े फैसले किये है और जो मुद्दे रहे गये हैं उन्हें चुनाव बाद पूरा कर दिया जायेगा

भाजपा के किसी नेता के यहां कार्रवाई नहीं हो रही है उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा का नेतृत्व कौन कर रहा है पूरे चुनाव अभियान में अभी तक यह पता नहीं चल पा रहा है

श्री जावडेकर ने आज जयपुर में समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे है कि अगर मोदी दोबारा जीते तो देश में फिर चुनाव ही नहीं होंगे

उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी के विरोध के नाम पर जनता को छलने का प्रयास किया जा रहा है

यहां पर आयुष्मान योजना को भी लागू नहीं किया गया है

इस सप्ताह के दौरान दीपदान बैंड वादन गांव स्तर पर वोट बारात महिला मार्च मानव श्रृंखला ट्राई साईकिल रैली और मैराथन दौड़ आयोजित कर मतदाओं को जागरूक किया जाएगा

उन्होंने कहा कि प्रसारित होने वाले विज्ञापन के खर्च और विज्ञापन की जानकारी संबंधित लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन विभाग को भेजी जाये उन्होंने कहा कि बिना अधिप्रमाणन के विज्ञापन का प्रसारण चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आएगा डॉ जोगाराम आज जयपुर में इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों की बैठक में पेड न्यूज और विज्ञापन अधिप्रमाणन से संबंधित विषयों के बारे में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दे रहे थे उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों के विज्ञापन का प्रमाणीकरण चुनाव आयोग और निर्वाचन विभाग द्वारा गठित समितियों के द्वारा किया जाता है

सवाइमाधोपुर में आज जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एसपी सिंह ने मतदान कार्मेकों के प्रशिक्षण स्थल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साहनगर में कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया भरतपुर में लोकसभा चनावों की तैयारियों की समीक्षा बैठक आज निर्वाचन अधिकारी आरूषी मलिक की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में सामान्य पर्यवेक्षक विजय सिंघल और पुलिस पर्यवेक्षक महेश्वर दयाल सहित एसपी हैदर अली जैदी मौजुद रहे बैठक में चिन्हित किए गए संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण कर निगरानी रखने के निर्देश दिए गये पर्यवेक्षकों ने अवैध शराब और हथियार लाने वालों पर भी पूरी निगरानी रख कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए

इसके अलावा हजारों लीटर अवैध शराब जब्त की गई है उधर टोंक में लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में अवैध मादक पदार्थो के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मेहंदवास क्षेत्र में गश्त के दौरान एक युवक को अवैध मादक पदार्थो के साथ गिरफ्तार किया गया है

इस अवसर पर गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हई जयपुर के चांदपोल में सेंट एंडयूज चर्च में विशेष प्राथना सभा हुई इसी सिलसिले में नाटक का मंचन और सेवन बैल्ज ग्रप की ओर से विशेष कार्यक्रम हुआ मान्यता है कि सलीब पर चढ़ाए जाने के तीन दिन बाद प्रभू यीश् जीवित हो गए थे रविवार को जीसस क्राइस्ट के प्नर्जीवित होने को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है ईस्टर के मौके पर जयपुर में रविवार को मिशन कंपाउण्ड में प्रभात फेरी निकाली जायेगी

जयपुर सहित कई शहरों और कस्बों में शोभायात्रा निकाली गई तथा मंदिरों में झांकिया सजाई गई

चुरू जिले के सालासर बालाजी में भी हनुमान जयंती के अवसर पर मेला भरा